मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की मांग पर यह फैसला लिया है

इस बार मुख्यमंत्री ने नागरिकों से प्रदेश के विकास के लिये सुझाव मांगे हैं

रंगपंचमी प्रदेश में आज रंगपंचमी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर फाग यात्राएं और रंगों से सराबोर गेर निकाली जा रहीं है कई जिलों में स्थानीय अवकाश भी है पश्चिमी मध्यप्रदेश में इस त्यौहार का विशेष महत्व है बड़वानी खण्डवा उज्जैन और धार सहित मालवा और निमाड़ अंचल के विभिन्न हिस्सों में रंगों का ये त्यौहार होली के पांचवे दिन मनाया जाता है इन्दौर में जगह जगह रंग गुलाल के साथ लोग फाग यात्राएं निकाल रहे हैं राजधानी भोपाल में भी रंगपंचमी के अवसर पर जुलूस निकाले जा रहे हैं इस दौरान प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं बड़वानी में जगह जगह होली मिलन समारोह के साथ विशेष आयोजन हो रहे हैं जिला मुख्यालय पर इस अवसर पर रंगारंग गेर निकाली जा रही है

पिछले सालों में टैंकरों से वन्य जीवों के लिए पानी भेजे जाने की आवश्यकता मई के महीने के प्रारंभ से की जाती थी इस बार अल्प वर्षा के कारण प्राकृतिक जल स्रोतों का जलस्तर बहत कम हो गया है तथा कुछ तो पूरी तरह सूख चुके हैं इसके कारण अभी से वन्यजीवों के लिए टैंकरों से पानी भेजा जा रहा है

पुलिस ने बताया है कि पिछले कई दिनों से रौनिजा गांव में अवैध रेत के भंडारण की सूचना मिल रहीं थी जिसके बाद रात को टीम गठित कर छापामार कार्रवाई की पुलिस और राजस्व विभाग पूरे मामले की जांच में जुट गया है हैं डबाल अखिल भारतीय हैंडबाल प्रतियोगिता आज से ग्वालियर में शुरू हो रही है